उन्होंने कहा कि सरकार गतिशील लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और उन लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है जिन्हें इसकी आवश्यकता है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे पर उन्हें गर्व है क्योंकि वह संकट के इस काल में लगातार लोगों की सहायता कर रहा है

झारखण्ड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या आज बढ़कर तैंतीस हो गई है नया मरीज रांची के हिन्दपीढ़ी इलाके से मिला है जो वेस्टइंडिज का रहने वाला है यह मरीज तब्लीगी जमात से जुड़ा हुआ है और काफी दिनों तक हिन्दपीढ़ी में रहा था तीस मार्च को इस मरीज के साथ ही सोलह विदेषी समेत बाईस लोगों को खेलगांव स्थित आइसोलेषन वार्ड में षिफ्ट किया गया था जांच के दौरान वेस्टइंडिज के रहने वाले इस मरीज का परिणाम पॉजिटिव आया है जांच के दौरान इसी दल की मलेषिया की एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी यह महिला झारखण्ड की पहली कोरोना संक्रमित मरीज है अब तक रांची में अठारह बोकारो में नौ हजारीबाग में दो कोडरमा में एक सिमडेगा में एक गिरिडीह और धनबाद में एक एक मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है इनमें से दो की मौत हो चुकी है रांची के बुंडू थाना की एक मस्जिद से पिछले दिनों गिरफ्तार किये गये कजाकिस्तान किलगीज गणराज्य और चीन के ग्यारह मुस्लिम धर्मगुरूओं को जेल भेज दिया गया पच्चीस दिनों तक क्वोरंटाईन सेंटर में रखने और जांच के बाद इन्हें जेल भेजा गया है सभों की कोरोना जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है इन धर्म गुरूओं के खिलाफ वीजा और लॉकडाउन के उलंघन करने का मामला दर्ज किया गया था

राज्य में लॉकडाउन के उल्लंघन करने के आरोप में अबतक विभिन्न थानो में आठ सौ अड्डाइस प्राथमिकी विभिन्न थानों में दर्ज की गई है इन प्राथमिकियों में तीन हजार चार सौ अठ्सठ लोगों को आरोपी बनाया गया है इन आरोपियों में से एक हजार छह सौ चौतीस को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों को मुताबिक रांची में सबसे ज्यादा एक सौ छप्पन प्राथमिकी दर्जे की गई है वहीं जमशेदप्र में सबसे ज्यादा आठ सौ पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है जबकि यहीं से सबसे ज्यादा छह सौ निन्यान्बे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इसके अलावा खूंटी में इक्तीस रामगढ़ में पांच लोहरदगा में आठ गुमला में सोलह सिमडेगा में सात जमशेदपुर मे इक्यासी चाईबासा में चालीस सरायकेला खरसांवा में बीस धनबाद में छियान्बे बोकारो में उनसठ पलामू में सत्तासी गढ़वा में तीस लातेहार में चार हजारीबाग में चौदह चतरा में उन्नीस कोडरमा में बीस गिरिडीह में छियालीस दुमका में नौ जामताड़ा में छब्बीस साहेबगंज में छह पाकुड़ में पांच गोडड़ा में सोलह और देवघर में बाइस प्राथमिकी दर्ज की गई है धनबाद में लोग सरकार के दिषा निर्देषों का पालन करते हुए आवष्यक वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं लॉकडाउन में उन्हें न तो किसी खाद्य पदार्थ को खरीदने में दिक्कत हो रही है और न ही दवाइयां लेने में समानों की कीमत भी आम दिनों की तरह है आवष्यक वस्तुओं के लिए धनबाद में मास्क लगाकर लोग घरों से बाहर निकल रहें हैं और सोषल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं

खाद्य आपूर्ति एवं वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने आज लोहरदगा में अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की

इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ग्रप्ता ने आज जमशेदपुर में कोल्हान प्रमंडल के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की

कृषि मंत्री बादल ने रांची में कृषिपश्पालन मत्स्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर दूध उत्पादक और सब्जी विक्रेता किसानों को मदद करने को लेकर व्यापक रणनीति पर चर्चा की

राज्य सरकार लॉकडाउन में लोगों को उनके घर तक राशन दवा रुपए सेनिटाइजर और मास्क समेत अन्य जरुरी सामग्रियों को पहुंचाने के लिए डाक विभाग की सेवा लेगी योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने डोर स्टेप सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को स्थानीय स्तर पर डाक विभाग से आवश्यकतानुसार सेवा लेने के को कहा है

लोहरदगा में गरीब एवं निर्धन परिवारों के सक्षम खाद्यान्न की कमी को ध्यान में रखते हुए विशेष दाल भात एवं थाना स्तर पर आकस्मिक दाल भात केंद्रों की व्यवस्था की गई है कोरोना के खिलाफ बेहतर कार्य के लिए गढ़वा के नगरउंटारी अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार अंचल पदाधिकारी अनुरिमा इक्का अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुचित्रा और अस्पताल के सभी सदस्य को अंग वस्त्र देकर व्यवसायिक संघ बंशीधर नगर ने सम्मानित किया